प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा और इस वर्ष कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जायेगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पार्टी नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे साथ ही बिहार से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं पार्टी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि केंद्र और एनडीए शासित राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों से निर्धन वर्ग किसानों दलितों जनजातिय समुदाय युवा और महिलाओं को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार विमर्श मुख्य एजेंडा होगा मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों को वाहन से कुचल कर मारने के आरोपी मनोज बैठा ने देर रात आत्मसमर्पण कर दिया मुजफ्फरपुर पूर्वी के पुलिस उपाधीक्षक ने यह जानकारी दी घायल अवस्था में मनोज बैठा को पीएमसीएच लाया गया है अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं बैठा ने स्वयं गाड़ी चलाने और शराब का सेवन करने से साफ इंकार किया है केन्द्र सरकार ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी करते हुये बड़े बकायेदारों पर पन्द्रह दिनों में कार्रवाई करने को कहा है वित्त मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर सीबीआई को इसकी तुरंत सूचना दें वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने बताया कि बैंकों को पचास करोड़ रूपये से अधिक के एनपीए वाले वैसे सभी खातों की जांच करने को कहा गया है जिनमें धोखाधड़ी की आशंका है उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार माना जायेगा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगले सत्र से स्नातक का पाठ्यक्रम बदल दिया जायेगा पटना में एक समारोह को संबोधित करते हये उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष की एक कमिटी बनायी गयी है जो पाठ्यक्रम में बदलाव का प्रारूप तैयार कर रही है राज्यपाल ने कहा कि पचास साल पुराने पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन होने से उच्च शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी केन्द्र सरकार ने हज यात्रा के लिए सउदी अरब जाने वाले यात्रियों के हवाई किरायों में भारी कमी की घोषणा की है अब वहां आने जाने के किराए में बीस हजार रुपये से लेकर संतानवे हजार रुपये तक की कमी आएगी केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे हज यात्रियों को यूपीए सरकार की सब्सिडी के नाम पर होती रही सियासत और आर्थिक शोषण से मुक्ति मिलेगी गया जिले की एक अदालत ने चिकित्सक दंपति के अपहरण मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अदालत ने मुख्य अभियुक्त पर पचास हजार और अन्य अभियुक्तों पर पच्चीस पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है वर्ष दो हजार पन्द्रह में डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता का झारखंड के गिरीडीह शहर से गया आने के क्रम में अपहरण कर लिया गया था रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह दृष्टि बाधित लोगों को रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देगा मंत्रालय ने कहा है कि वह इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी करेगा केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने वाले शहरों की संख्या इस वर्ष बढ़ा दी है विद्यार्थियों की सुगमता के लिए यह कदम उठाया गया है अब यह परीक्षा एक सौ सात शहरों की जगह एक सौ पचास शहरों में आयोजित की जाएगी पटना पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुये छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर आयोजित विदाई समारोह में डीजीपी पीके ठाकुर ने कहा कि अपराधियों को शराब तस्करी से रोकना बड़ी चुनौती है पटना में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है हम विकसित हुये हैं परंतु परंपरा के नाम पर अंधविश्वास से बचना होगा बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा में गणित का प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाने की शिकायत की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया है तीन सदस्यीय कमिटी को एक सप्ताह के अन्दर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बोर्ड छात्रों की मांग पर कोई फैसला लेगा गौरतलब है कि गणित का प्रश्न पत्र सिलेबस से बाहर पूछे जाने का आरोप लगाते हुये कई परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था और इसकी जांच की मांग की थी इस बीच मैट्रिक परीक्षा के दौरान कल विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से बाईस फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया जबकि बारह परीक्षार्थी कदाचार के आरोप में परीक्षा से निष्कासित किये गये बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य पांच मार्च से शुरू होकर पन्द्रह मार्च तक चलेगा वहीं मैट्रिक परीक्षा की उत्तर प्रस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेरह मार्च से शुरू होगा और बाईस मार्च तक चलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम समय पर घोषित कर दिया जायेगा सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पूरी हो गयी है दसवीं बोर्ड की परीक्षा पांच मार्च से शुरू होगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सात वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष से दसवीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर दी है पहले दसवीं की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक किया गया था सीबीएसई ने दसवीं की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को राहत देते हुए उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी अंक में रियायत दी है इसके तहत केवल इस बैच के छात्रों के लिए कुल मिलाकर तैंतीस प्रतिशत पास मार्क का निर्णय लिया गया है इन छात्रों को बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में अलग अलग तैंतीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी नहीं होगा प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सक्रिय नक्सली कमांडर मुसाफिर सहनी उसकी पत्नी और पुत्र को लेवी के रूप में वसूली गई राशि को परिसंपत्तियों में निवेश करने के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है मुसाफिर सहनी और उसके पुत्र के खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में हत्या लूट डकैती और अन्य आपराधिक मामलों में बीस से अधिक प्राथमिकी दर्ज हैं पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्पलेक्स में आयोजित बिहार राज्य अंतर प्रमंडल दिव्यांग एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में पटना के कुंदन मगध के रिन्कू कुमार सारण के सुनील कुमार शर्मा और तिरहुत के संजय कुमार ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है वहीं दो हजार अठारह उन्नीस के लिए राज्यस्तारीय एथेलेटिक्स प्रतियोगिता का कैलेन्डर जारी कर दिया गया है इसके तहत छह अप्रैल से पटना में सीनियर और अन्डर ट्वेंटी राज्यस्तरीय एथेलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा में पेश बिहार बजट से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी जगह दी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है शिक्षित राज्य खुशहाल गांव दैनिक जागरण लिखता है विकास का पक्का रंग चढ़ा बिहार पर अखबार की एक अन्य खबर है अंतिम बार घर लौटी श्रीदेवी दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिक्षा की चिंता पढ़ो पढ़ाओ याद आई सेहत तदंरूत रहो प्रभात खबर ने लिखा है बिजली सड़क और शिक्षा के लिए खोला खजाना राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है बैंको से पैसा हड़पने वालों से निपटेगी सीबीआई